बिहार आज अपना एक सौ नौवां स्थापना दिवस मना रहा

प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी

बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

श्री मोदी आज विश्व जल दिवस पर जल संरक्षण के लिए नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेस के जरिये कैच द रेन कार्यक्रम के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि इक्कसवीं सदी के भारत के लिए पानी की पर्याप्त उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण कारक है उन्होंने कहा कि यदि योजनाबद्व तरीके से जन भागीदारी के साथ पानी बचाने की पहल करेंगे तो हमें पानी की समस्या नहीं होगी श्री मोदी ने कहा कि भारत का विकास और आत्मनिर्भरता का विजन जल स्त्रोतों पर निर्भर है

हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि सभी जिला कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को जल संरक्षण के विभिन्न उपायों की जानकारियां दी गयी बिहार आज अपना एक सौ नौवां स्थापना दिवस मना रहा है इस बार बिहार दिवस की थीम है जल जीवन हरियाली आज ही के दिन उन्नीस सौ बारह में बंगाल प्रेसीडेंसी का विभाजन कर बिहार को स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं अपने संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि बिहार के पास अतीत की विरासत के साथ साथ वर्तमान का मार्ग भी है राष्ट्रपति ने कहा कि उन्हें महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का गवाह बने बिहार के राज्यपाल बनने का सौभाग्य भी प्राप्त है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी हैं एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि बिहार गौरवशाली अतीत और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत वाला प्रदेश है उन्होंने राज्य के निरंतर विकास की कामना की है राज्यपाल फागू चौहान ने राज्यवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं उन्होंने राज्यवासियों से प्रदेश और देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की है मूख्यमंत्री नीतीश क्मार ने बिहार दिवस पर लोगों का वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संबोधित किया पटना के ज्ञान भवन में आयोजित मुख्य समारोह में श्री कुमार ने कहा कि शिक्षा का विकास कर बिहार को गौरवशाली इतिहास तक पहुंचाना है उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य पर्यावरण और जल संरक्षण पर सरकार मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित कर रही है इधर जिला मुख्यालय से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बिहार दिवस पर जिलाधिकारी कार्यालयों में मुख्य समारोह का आयोजन हुआ हालांकि कोविड के कारण सार्वजनिक रूप से समारोह आयोजित नहीं किये गये नवादा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार दिवस पर स्वास्थ्य विभाग के परिवार कल्याण कार्यक्रम में बेहतर प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों नर्स और आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया वहीं समस्तीपुर में भी जिला प्रशासन द्वारा तीन सौ कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री नीतीश क्मार ने राज्य के लोगों से कोविड रोकथाम में सहयोग की अपील की है मुख्यमंत्री ने होली के अवसर पर सार्वजनिक कार्यक्रम और होली मिलन समारोह आयोजित नहीं करने का अनुरोध किया

उन्होंने लोगों से कोविड नियमों के अनुपालन को जारी रखने की अपील की है

इसमें चौदह लाख अठासी हजार दो सौ नवासी लोगों को टीके की पहली डोज जबकि तीन लाख इक्यासी हजार छह सौ सत्रह लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देश में अब तक चार करोड़ पचास लाख पैंसठ हजार से अधिक लोगों को कोविड के टीके दिये जा चुके हैं केन्द्र सरकार ने कोरोना के वैक्सीन कोविशील्ड के पहले और दूसरे डोज के बीच के अन्तर को बढ़ाने का फैसला किया है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब वैक्सीन के दोनों डोज के बीच कम से कम चार से आठ सप्ताह का अंतर होगा पहले ये समय सीमा चार से छह सप्ताह की थी मंत्रालय ने कहा है कि नेशनल टेक्निकल एडवाजरी ग्रप ऑफ इम्युनाइजेशन एन टी ए जी आई और वैक्सीनेशन एक्सपर्ट ग्रुप के हालिया शोध के बाद यह फैसला किया गया है इस शोध के अनुसार यदि कोविशील्ड वैक्सीन की दोनों डोज के बीच छह से आठ सप्ताह का अन्तर होता है तो यह ज्यादा असरदार साबित होगी मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह प्रावधान को वैक्सीन पर लागू नहीं होगा मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों को पत्र लिखकर नये दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है पत्र में इसके लिए व्यापक रूप से जागरूकता फैलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा गया है प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है वर्तमान में पांच सौ बाईस मरीजों का उपचार चल रहा है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बांका लखीसराय और शेखपुरा में कोविड का एक भी सक्रिय मामला नहीं है वहीं पटना में सबसे अधिक दो सौ बयालीस मरीजों का इलाज चल रहा है कल कोविड के एक सौ छब्बीस नये मामलों की पुष्टि हुई सबसे अधिक पटना से इक्यावन पॉजिटिव मामले सामने आये हैं दो महीने के बाद पटना में एक दिन में कोरोना के पचास से अधिक मामले दर्ज किये गये हैं प्रदेश में स्वस्थ होने की दर निन्यानवे दशमलव दो एक प्रतिशत है इधर देश भर में पिछले चौबीस घंटों में कोविड के छियालीस हजार नौ सौ इक्यावन नये मामलों की पुष्टि हुई

पटना उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी लॉ कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुये कॉलेजों में योग्य शिक्षकों और प्रशासनिक अधिकारियों की कमी को देखते हुये यह आदेश सुनाया इस मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दायर हलफनामे में शिक्षकों की कमी और कॉलेजों में सुविधाओं के अभाव का जिक्र किया गया था पीठ ने इस मामले में राज्य सरकार और सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से जवाब तलब किया है मामले की अगली सुनवाई तेईस अप्रैल को होगी गौरतलब है कि वर्तमान में बिहार में अट्ठाईस सरकारी और निजी लॉ कॉलेज संचालित हो रहे हैं पटना उच्च न्यायालय ने प्रदेश के बीएड कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति को रद्द कर दिया है एक याचिका पर सुनवाई करते हुये न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया को तय शर्तों के खिलाफ पाते हुये यह आदेश सुनाया न्यायालय ने सरकार को विज्ञापन के आधार पर नये सिरे से नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का भी आदेश दिया सड़सठवें नेशनल फिल्म अवार्ड्स की आज घोषणा कर दी गयी हिन्दी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए छिछोरे का चयन हुआ है इस फिल्म में बिहार के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने मुख्य भूमिका निभाई थी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रस्कार बिहार के ही मनोज वाजपेयी को फिल्म भोंसले में उनके अभिनय के लिए दिये जाने की घोषणा की गयी है वहीं दक्षिण के फिल्म अभिनेता धनुष को भी उनकी तेलुगू फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए चुना गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रस्कार कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए दिया जायेगा पटना के ऊर्जा स्टेडियम में चल रहे टी टवेंटी बिहार क्रिकेट लीग के तहत आज खेले गये एक मैच में दरभंगा डायमंड्स की टीम ने गया ग्लेडियर्स को पराजित कर दिया दरभंगा डायमंड्स की ओर से बिपिन सौरभ ने टूर्नामेंट का पहला शतक बनाया उन्हें मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया

बिहार आज अपना एक सौ नौवां स्थापना दिवस मना रहा

प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी